मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति और पानी समिति का गठन किया गया है जो संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी परियोजनाओ के आधारशिला आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन समितियों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि लोग मास्क को अनिवार्य रूप से लगाये इसके लिये सभी ज़िलों में ज़िलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के साथ बैठक करे

मूख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की प्रभावी कॉटैक्ट ट्रसिंग की जाये इसके अलावा रेलवे स्टेशन और हवाई अड़डों पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग की जाये

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि रोजाना किये जाने वाले मेडिकल टेस्ट में एक तिहाई आरटीपोसीआर और बाकी दो तिहाई परीक्षण रैपिड एंटीजन विधि से हो मुख्यमंत्री ने ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने की बात कहीं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके माध्यम से आन लाइन ओपीडी सेवा का लाभ हासिल कर सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण शुरू करने के लिये मिशन मोड पर काम किया जाना चाहिये लखनऊ में गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यो की शुरूआत के साथ साथ उनके पूरा होने की तारीख भी तय होनी चाहिये

गंगा एक्सप्रेस वे बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सहित निर्मित अनेक मार्गो से प्रदेश में देश की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध होंगी गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के बारह जनपदों मेरठ बुलन्दशहर हापुड़ अमरोहा संभल बदायू शाहजहांपुर हरदोई उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस वे के लिये आरओडब्ल्यू एक सौ बीस मीटर चौड़ा होगा और सभी संरचनाएं आठ लेन की होंगी गंगा एक्सप्रेस वे की डिजाइन स्पीड एक सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा और यातायात के लिये गति बीस किलोमीटर प्रति घंटा होगी प्रदेश में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाने पर राज्य सरकार बल दे रही है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये अब हर माह की इक्कीस तारीख़ को खुशहाल परिवार दिवस मनाने का फैसला किया गया है इस क्रम में आज लखनऊ के अलीगंज शहरी सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रदेश के अपर मूख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने खुशहाल परिवार दिवस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया

श्री प्रसाद ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिये प्रदेश की सभी इकाईयों में खुशहाल परिवार दिवस के अवसर पर सभी दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के बारे में परामर्श और परिवार नियोजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यालय से लेकर गांव स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये विविध कार्यक्रम और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया जायेगा इस अवसर पर श्री प्रसाद ने पन्द्रह नये शादीशुदा दम्पत्तियों को नई पहल किट भी दी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

जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया है कि मेले के दौरान धार्मिक नगरी में भीड़ को रोकने के लिये परिक्रमा मार्ग के दायरे में तेरह जगहों पर बैरियर लगा दिये गये हैं अयोध्या के स्थानीय नागरिक पहचान पत्र दिखा कर ही नगर में प्रवेश पा सकते हैं नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ साथ एटीएस के कमांडों अयोध्या में तैनात कर दिये गये हैं इसके अलावा ख्रफिया तंत्र को भी सक्रिय रखा गया है अयोध्या के प्रवेश मार्गो पर सघन चेकिंग अभियान भी जारी है ज़िला प्रशासन ने देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या न आये और अपने घरों में रह कर ही पूजा अर्चना करे चादह कोसी परिक्रमा पंचकोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आते हैं अयोध्या में कातिक मेला शुरू हो चुका है कल चौदह कोसी परिक्रमा शुरू होगी जबकि पच्चीस नवम्बर को पंचकोसी परिक्रमा है और तीस नवम्बर को पूर्णिमा स्नान तक कार्तिक मेला जारी रहेगा छठ पूजा पर्व आज उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सम्पन्न हो गया

इस अनुष्ठान का पारण कहा जाता है

यह पर्व शुद्धता और सूर्य के प्रति आस्था से जुडा है सूर्य को पृथ्वी पर जीवन का स्रोत और ऐसा देवता माना जाता है जो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं प्रदेश के पूर्वी जिलों में यह त्योहार भव्य और पम्परागत ढंग से मनाया गया एक रिपोर्ट कल शाम की तरह आज सुबह भी हजारों छठ व्रती प्रदेश भर की नदियों और तालाबों के किनारे इकट्ठा हुए और उगते सूर्य की आराधना की

प्रशासन द्वारा इस मौके पर घाटों पर खास इंतजाम किए गए थे कई स्थानों पर घाट पर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई और पुलिसकर्मियों ने भी लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया श्रद्धालुओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कई स्थानों पर मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए राज्य सरकार ने सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करते हुए श्रद्धालुओं को छठ पूजा नदियों और जलाशयों के किनारों पर मनाने की इजाजत दी थी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

शिविर में निर्माण गतिविधियों से जुड़े सोलह सौ श्रमिकों का पंजीकरण किया गया

इस अवसर पर मुख्य अतिथि और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि निर्माण गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों का श्रम विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन किये जाने से उन्हें सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं का लाभ हासिल हो सकेगा श्री पाल ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने उन्हें अधिकार दिलाने तथा विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों और वंचितों के कल्याण और अधिकारों के प्रति संवेदनशील है और सरकार का लक्ष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के सिद्धान्त पर आधारित विकास को सुनिश्चित करना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो विकास कार्य किये हैं उससे देशवासियों में पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है वह आज हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पार्टी कार्यकताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश के उप चूनाव में पार्टी की कामयाबी लोगों के विश्वास का ताजा उदाहरण है इस अवसर पर श्री सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार अभिनन्दन भी किया